केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने निराश्रित महिलाओं बुजुर्गो और बच्चों के लिए संयुक्त आश्रय स्थल बनाने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा लखनऊ और वाराणसी में भी बनाये जायेंगे वृंदावन जैसे कृष्ण कुटीर विधानमंडल के दोनों सदनों में कई विधेयक पारित होने के बाद सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

प्रदेश भर में आज से चलाया जायेगा विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन आतंकवाद से निपटने के लिए सभी सदस्य देशों से व्यापक रणनीति बनाने के आह्वान के साथ कल काठमांड् में सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया काठमांड् घोषणापत्र में जोर देकर कहा गया है कि आतंकवाद के खिलाफ तड़ाई में आतंकवादी आतंकी संगठन और उनके नेटवर्क पर निशाने के साथ साथ उन्हें बढ़ावा देने वित्तीय मदद और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने वालों देशों और गैर सरकारी संस्थाओं की भी पहचान करनी चाहिए बिम्सटेक नेताओं ने दो हजार तीस तक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सतत् विकास के साथ साथ गरीबी उन्मूलन की प्रतिबद्वता भी व्यक्त की है उन्होंने विम्सटेक गरीबी उन्मूलन कार्य योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का आह्वान किया सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सदस्य देशों के बीव बिम्सटेक ग्रिड स्थापित करने के एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये गये हैं नेपाल ने श्रीलंका को बिम्सटेक की अध्यक्षता सौंपी श्रीलंका बिम्स्टेक संगठन का अब नया अध्यक्ष बन गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत ने आर्थिक विकास की नई ऊंचाईयों को घू लिया है और रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी सुधार प्रदर्शन और परिवर्तन के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सितारे की तरह चमक रहा है नेपाल के प्रघानमंत्री केपीशर्मा ओली के साथ कल काठमांडू के सूप्रसिद्ध पश्पतिनाथ मंदिर परिसर में नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला का संयुक्त रूप से उदघाटन करने के बाद जनसभा को संबेधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में नेपाल के लोग भी बराबरी के भागीदार हैं आज भारत आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को पू रहा है रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर बलते हुए विकास के आसमान पर किसी एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है सबका साथ सबका विकास के जिस मंत्र को लेकर के हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे नेपाली भाईयों और बहनों का भी उतना ही स्थान है पड़ोसियों के काम आना और सुख समृद्धि के लिए साथ चलना हमारी परम्परा का हिस्सा रहा है प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत नेपाल और वहां के लोगों के कल्याण और विकास में सहयोग जारी रखने को वचनबद्द है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की दुनिया में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए महात्मा दुद्व द्वारा दिखाया गया रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है श्री मोदी ने कहा कि धर्मशाला महज एक इमारत नहीं है बल्कि भारत नेपाल मैत्री का एक मजबूत स्तंब है श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का नेपाली भाषा में अनुवाद कराने का फैसला लेने के लिए नेपाल सरकार के प्रति आमार व्यक्त किया धर्मशाला के उदघाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और वाराणसी में निराश्रित महिलाओं बुजुर्गो और बच्चों के लिए संयुक्त आश्रय स्थल के लिए जमीन उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है कल मथुरा के वृदावन में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और मुख्यमंत्री ने विववा और निराश्रति महिलाओं के लिए आश्रय गृह कृष्ण कूटीर का उद्घाटन किया इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने तीन सौ करोड़ रूपये की पैंतीस परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया

इस अवसर पर मेनका गांधी ने समी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने राज्य में निराश्रित महिलाओं बुजुर्गो और बच्चों के लिए संयुक्त आश्रय केन्द्र बनाने के लिए पहल करें जिससे उनकी सही ढंग से निगरानी की जा सके राज्य विघानमंडल के दोनों सदनों में कल कई विघेयक पारित किये जाने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्वितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी विधानसभा में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण क्षियक दो हजार अट्ठारह उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन क्वियक दो हजार अट्ठारह उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियमन संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक दो हजार अट्ठारह उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक दो हजार अट्ठारह ध्वनि मतों से पारित किये गये उघर विघान परिषद में प्रदेश के शिक्षामित्रों के शोषण शमली में जहरीली शराब से हयी मौतों का मामला मेडिकल कालेजों में छात्रों की रैगिंग और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का मामला उठाया गया समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक और उन्हें फिर से शिक्षामित्र बना देने के मुद्दे पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वाकआउट किया

प्रदेश कियान परिषद में कल उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान संशोधन विघेयक पास कर दिया गया इससे पहले प्रदेश विघानसभा में यह क्षियक पास किया जा चुका है कानून और पेंशन मामलों के मंत्री बुजेश पाठक ने बताया कि इस अधिनियम के तहत दो हजार सोलह से पूर्व के लोकतंत्र सेनानियों की विघवाओं को भी अनुदान राशि मिलेगी आज देश के साढ़े छह सौ स्थानों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी का श्मारम्म किया जायेगा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस बैंक के श्मार्म का प्रमुख कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे इस सिलसिले में लखनऊ में आयोजित होने वाले शुमारम्म समारोह में केन्दीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे इन बैंको में विरोष रूप से बचत खातें चालू खातें मनी ट्रांस्फर और कारोबारी भुगतान की सुविधाएं रहेंगी प्रदेश भर में आज से विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जायेगा जिसके तहत अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं और महिलाओं के साथ दिव्यांगों को विन्हित कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने का विशेष अभियान चलाया जायेगा

चालू वित्त वर्ष की पहती तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर आठ दशमलव दो प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है इससे पहले की तिमाही में विकास दर सात दशमलव सात प्रतिशत रही थी जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह पांच दशमलव पांच नौ प्रतिशत थी

वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि दुनियामर में आर्थिक ऊथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में जीडीपी का आठ दशमलव दो प्रतिशत के स्तर पर पहुंचना भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है एक टवीट संदेश में श्री जेटली ने कहा कि सुधार और वित्तीय दूरदर्शिता का फायदा देश को मिलने लगा है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर बिबेक देबरॉय ने भी जीडीपी की विकास दर में वृद्वि का स्वागत किया है